शपथ ग्रहण समारोह शाम सात बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा राष्ट्रपति ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी को केन्द्र में नई सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया है राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद पचहत्तर एक के अंतर्गत श्री मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उनसे केन्द्रीय मंत्रि परिषद में नियुक्त किये जाने वाले मंत्रियों के नाम मांगे हैं गौरतलब है कि भाजपा और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी ने कल रात राष्ट्रपति से मिलकर केन्द्र में नई सरकार के गठन का दावा किया था श्री मोदी ने देश की जनता को आश्वस्त किया कि नई सरकार उनके सपनों और अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़गी उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार तेजी से काम करना शुरू कर देगी और एक पल भी व्यर्थ नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास है इससे देश के सभी क्षेत्रों के विकास का संकल्प प्रदर्शित होता है

हम उनके लिए भी हैं जिनका विश्वास हमें जीतना है हम उनके लिए भी है मेरे क्षेत्र का सर्वागीण विकास और तभी तो सबका साथ सबका विकास ये मंत्र पूरे विश्व ने स्वीकार किया है और इसलिए जन प्रतिनिधि से मेरा आग्रह जन प्रतिनिधि के नाते मानवीय संवेदनाओं के साथ हमारा कोई पराया नहीं हो सकता है

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र कठिन परिश्रम और ईमानदारी का सम्मान करता है और इसके लिए पुरस्कृत करता है और यही देश की शक्ति है उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत में यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में महिला सांसद चुनकर आई हैं और ये महिला सशक्तिकरण से ही संभव हुआ है परिश्रम की अगर पराकाष्ठा हो और ईमानदारी के विषय में रत्ती भर संशय न हो तो देश उसके साथ चल पड़ता है

ये देश परिश्रम की पूजा करता है ये देश ईमान को सिर पर बैठाता है और यही इस देश की पवित्रता है

इस बार हमने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और भारत की आजादी के बाद पार्लियामेंट में इतनी बड़ी तादाद में महिला एमपी बैठने की ये पहली घटना हुई है ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हमारी मातृ शक्ति के द्वारा हुआ है श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा और समन्वय एनडीए की दो प्रमुख विशेषताएं हैं और सभी दलों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना होगा उन्होंने कहा कि किसी के साथ धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और हमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना है पूरक परीक्षा आवेदन छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाईस्कूल हायर सेकेण्डरी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम और क्रेडिट योजना के तहत पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया कल से शुरू होगी जो दस जून तक चलेगी

इन परीक्षार्थियों को क्रेडिट योजना के तहत एक अतिरिक्त अवसर दिया जा रहा है परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है विद्यार्थी द्वारा अग्रेषण संस्था में भी आवेदन पत्र जमा किए जा सकते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पूरक और अवसर परीक्षा की तिथियां भी घोषित कर दी हैं हाईस्कूल सर्टिफिकेट पूरक द्वितीय और चतुर्थ अवसर परीक्षा पांच से पंद्रह जुलाई के बीच होगी इसी तरह हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट प्रक द्वितीय और चतुर्थ अवसर परीक्षा पांच से अट्ठारह जुलाई तक तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा पांच से पंद्रह जुलाई तक आयोजित की जाएंगी मुख्य परीक्षा दो हजार उन्नीस में पूरक पात्र विद्यार्थी पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं मुख्य परीक्षा में दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी भी अवसर परीक्षा या क्रेडिट योजना में शामिल हो सकते स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में चार अवसर प्रदान किए जाएंगे

इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक शशांक शर्मा से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे माओवादी मुठभेड हत्या दंतेवाड़ा जिले में आज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक हार्डकोर माओवादी को मार गिराया है मिली जानकारी के मुताबिक किरंद्ल थाना क्षेत्र के हिरोली के जंगलों में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रप डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई इस दौरान सुरक्षा बलों ने मलंगीर एलओएस सदस्य को मार गिराया बाद में घटनास्थल से जवानों ने मृत माओवादी के शव के अलावा एक पिस्टल भी बरामद किया है वहीं बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में बीती रात माओवादियों ने एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी दुर्घटना कोण्डागांव जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य महिला घायल हो गई है मिली जानकारी के मुताबिक फरसगांव थाना क्षेत्र के कुम्हार बड़गांव गांव से ये लोग एक मोटरसाइकिल में सवार होकर चांदागांव जा रहे थे इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग बोरगांव के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के बीच टक्कर हो गई इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला सहित दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई गंभीर रूप से घायल एक अन्य महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है सुकमा स्थानीय विकास सुकमा जिले में पोलमपल्ली ग्राम पंचायत के निवासियों ने अपने गांव के विकास के लिए अब खुद ही कमर कस ली है पोलमपल्ली ग्राम पंचायत के अंतर्गत अतुलपारा के ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की योजना के तहत वे स्थानीय विकास के लिए खुद होकर काम करना चाहते हैं

राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में लू चल रही है इस वजह से दिन का अधिकतम तापमान चवालीस से छियालीस डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीएल देवांगन ने बताया कि बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान छियालीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस बिलासपुर में दर्ज किया गया जबकि दुर्ग में तापमान लगभग पैंतालीस डिग्री और रायपुर में चवालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी आने के कारण तापमान में आंशिक कमी हो सकती है

दमकल वाहनों की मंदद से आग पर काबू पा लिया गया है